हरियाणा के उप म्ख्यमंत्री द्वष्यंत चौटाला ने कहा है कि सरकार सतल्ज यम्ना लिंक नहर के निर्माण के प्रयास किये जा रही है हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा है कि महालेखाकार हरियाणा द्वारा फरीदाबाद और ग्रूग्राम नगर निगमों के गत पांच वर्षो के पूरे रिकॉर्ड का ऑडिट किया जायेगा हरियाणा के खनन मंत्री मूल चंद शर्मा ने कहा कि अवैध खनन की शिकायत मिलने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कारवाई की जायगी चंडीगढ़ प्लिस ने हरियाणा विधानसभा सचिवालय की शिकायत पर अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया सहित नौ विधायकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है

केन्द्र सरकार ने कहा है कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया गया रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे देश के सम्पति है और हमेशा रहेगी

भारतीय रेलवे को देश के विकास का ईंजन बताते हये श्री गोयल ने कहा कि अगर निजी कंपनियां रेलवे में निवेश करना चाहती है तो देश के हित मे इसका स्वागत किया जाना चाहिए

हरियाणा विधानसभा में आज बजट चर्चा के दौरान सतल्ज यम्ना लिंक नहर के मुद्दे पर सत्तापक्ष और कांग्रेस विधायकों के बीच हुई नौक झोंक पर उप म्ख्यमंत्री द्वष्यंत चौटाला ने कहा कि सतल्त यम्ना नहर के निर्माण के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए सार्थक प्रयास किये जा रह है सदन में यह मामला तब उठा जब विधायक रणधीर गोलन ने बजट में सिंचाई के लिए घोषित योजनाओं का जिक्र करते हये सतल्ज यम्ना लिंक नहर की बात की और कहा कि इस पर राजनीति हो रही है जिस पर कांग्रेस विधायक किरन चौधरी ने कहा कि राजनीति सत्ता पक्ष की ओर से रही है और उन्होंने सत्तापक्ष के लोगों पर इसको लेकर दिखावे के उपवास रखने का आरोप भी लगाय इस पर उप मुख्यमंत्री द्ष्यंत चौटला ने कांग्रेस विधायकों से सवाल करते हये कहा कि पहले कांग्रेस अपने घर में चर्चा करके इस बारे में फैसला ले क्योकि एसवाईएल के निर्माण को लेकर पंजाब के कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेसियों ने एसवाईएल नहर का निर्माण नहीं होने देने की बात की थी

इस पर विधायक रामक्मार गौतम ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिह की सरकार ने प्रस्ताव पारित किया था कि एक बूटद पानी भी नहीं दिया जायेगा और बाद की सरकार ने नहर की ज़मीन किसानों को दे दी इस पर पूर्व म्ख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा ने कहा कि एसवाईएल के मुद्दे पर सदन को ग्मराह किया जा रहा है सरकार सर्वोच्च न्यायालय में यह म्कदमा जीत च्की है अब फैसला लागू करना है सरकार कोई भी कदम उठाये हम साथ देने के लिए तैयार है हरियाणा विधानसभा में आज शून्य काल के दौरान अम्बाला से विधायक असीम गोयल ने एक बार फिर उनके घर के बाहर कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा धरना देने का मामला उठाया उन्होंने कहा कि कल विपक्ष के नेता भूपेन्द्र सिंह हडा ने कहा था कि उनका कोई कार्यकर्ता वहां नहीं था जोकि गलत है अपने साथ धरने पर बैठे कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की फोटो सदन में दिखाते हये असीम गोयल ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानों को उकसा रहे है विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद ग्प्ता ने यह कहकर उन्हें शांत करने की कोशिश की कि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है

श्री विज आज विधानसभा में विधायक नरेन्द्र ग्प्ता के गलियों में एलईडी लाइट लगाने सम्बधी एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे

श्री विज ने कहा कि महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने से भी सारे तथ्य सामने आ जायेंगे मंत्री ने बताया कि इसके अतिरिक्त एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने मे किसी भी प्रकार की अनियमितता की जांच के लिए फरीदाबाद को मुख्य अभियंता की अध्यक्षता मे गठित एक समिति जांच कर रही है हरियाणा के खनन मंत्री मूल चंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा

खनन मंत्री आज हरियाणा विधानसभा में विधायक बिशन लाल सैनी द्वारा पूछे गये एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे श्री मूल चंद शर्मा ने कहा कि जहां की भी अवैध खनन की शिकायत आयेगी तो अवैध खान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी विधायक द्वारा यम्ना नदी मे तय सीमा से ज्यादा गहराई तक खनन के आरोप पर उन्होंने कहा कि वो लिख कर दे तो इसकी जांच करवाई जायेगी उन्होंने बताया कि रादौर विधानसभा क्षेत्र नदी तल पर सात खानों से खनन हो रहा है

विधानसभा सचिवालय के इनके खिलाफ हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है

अकाली दल के नेताओं ने हरियाणा के म्ख्यमंत्री के साथ कथित तौर पर द्वर्व्यवहार किया था हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद ग्प्ता ने कल राज्य विधानसभा को बताया कि इस सम्बधी प्लिस में शिकायत दर्ज करवा दी गई है